प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है अयोध्या भूमि मामले पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का पूरे देश ने दिल खोलकर पूरी सहजता और शांति से स्वागत किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने लोगों को उनके धैर्य संयम और परिपक्वता को लिए धन्यवाद दिया राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साध्यवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति और भाषाएं पूरी दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देती हैं देश में सैंकडों भाषायें सदियों से पुष्पित और पल्लवित होती रही हैं

श्री मोदी ने उत्तराखण्ड में अपनी भाषा के संरक्षण के लिए एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा शुरू की गई पहल की चर्चा भी की डेढ सौ साल पहले आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भी कहा था रू निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल द्य अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है ऐसे में रंग समूदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस पर श्री मोदी ने एनसीसी के कृछ कैडेट से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी नेतृत्व क्षमता देशभक्ति निस्वार्थ सेवा अनुशासन और कठिन परिश्रम की भावना जगाती है और इनें सबको हमें अपने चरित्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि इस दिन प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की चर्चा करते हुए फिट इंडिया सप्ताह मनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल की सराहना की फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई हैं इस रैंकिंग को हासिल करने वाले समी स्कलि

फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्काल खयं को फिट घोषित कर सकते हैं फिट इंडिया थी स्टा र और फिट इंडिया फाइव स्टानर रेटिंग्सस भी दी जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि अगर सभी अपने आस पास को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर लें तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मामले के फैसले को देखते हुए अगले महींने की पन्द्रह तारीख तक समुचित और प्रभावी सुरक्षा बन्दोबस्त सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने कल राज्य में कानून व्यवस्था और अन्य विषयों पर जनपद और मण्डल स्तरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से वीडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये मुख्यमंत्री ने धर्मस्थलों पेट्रोल पम्प व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा बैंकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया उन्होंने अयोध्या प्रकरण के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के फैंसले के बाद राज्य में सौहार्द और शान्ति के वातावरण की नयी मिसाल कायम करने पर अधिकारियों की प्रशंसा की श्री योगी ने अधिकारियों से कहा कि वह पीस कमेटियों धर्म ग्रूओं और समाज के विभिन्न वर्गो क साथ लगातार सम्पर्क और संवाद जारी रखे ताकि सूबे में ॅशान्ति का माहौल कायम रहे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से किये जैाने का निर्देश भी दिया उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में विभिन्न विकास और जनकल्याणकारी योजनाये लागू की गयी हैं श्री मौर्य आज बलिया में श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी के जन्मशती वर्ष के अवसर पर महरेब चितबड़ा गाँव में आयोजित कार्यक्रम में बोल रह थे इस अवसर पर उन्होंने छियालोस विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने ठेंगड़ी भवन का लोकार्पण भी किया उन्होंने कहा कि बलिया जिले के विकास के लिए राज्य सरकार का ख़ज़ाना सदैव ख़ुला रहेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक्सप्रेस वे के अलावा ढाई सौ तक की आबादी वाले गॉवों को मुख्य मार्गो से जोड़ने की पहल की ह बलिया में ऐसी चौतीस सड़के बनायी गयी हैं

प्रदेश सरकार ने राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डीएचएफएल में उनके कथित अवैध निवेश की राशि वापसी की लिखित गारंटी दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शासकीय आदेश में कहा गया है कि अगर कंपनी निगम के कर्मचारियों की भविष्यनिधि की राशि नहीं लौटाती है तो विद्युत निगम अपने अन्य स्रोतों से इस राशि को कर्मचारियों को वापस करेगा इस मामले में पाँच लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने लगभग चार हजार एक सौ तेईस करोड़ रूपये की पीएफ धनराशि डीएचएफएल में लगा दी थी इसमें से लगभग दो हजार दो सौ अड़सठ करोड़ रूपये की राशि अब भी इस कम्पनी के पास है राज्य सरकार इस मामले की जाँच सीबीआइ से कराने का आदेश भी दे चुकी है प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के प्रति आभार व्यक्त किया है उत्तर प्रदेश पावर आफिसर्स एसोसियेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि वे पूरी लगन से निगम को मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने अनुशासनहीनता के आरोप में दस वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छः वर्षो के ॅ लिए निष्कासित कर दिया है जिन नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है उनमें पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी पूर्व सांसद संतोष सिंह रामकृष्ण द्विवेदी पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विनोद चौधरी तथा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी शामिल हैं यह नेता कुछ समय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सम्बन्धित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसलों का सार्वजनिक तौर पर विरोध कर रहे थे प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के गन्ना कीमतों के भूगतान के लिए और अधिक प्रभावी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है श्री राणा ने आज मेरठे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करगी ताकि चीनी मिलों में गन्ना देने के फौरन बॉद किसानों को गन्ना मूल्य का पूरा पूरा भूगतान सुनिश्चित हो सके उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों का भुगतान समय पर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पच्चासी प्रतिशत किसानों का गन्ना भूगतान कर दिया गया है